सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में

नई दिल्ली में आज एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष में देश ने अर्थव्यवस्था का आधार इतना मजबूत कर लिया है कि ऐसे लक्ष्य निर्धारित और हासिल किये जा सकते हैं बाईट प्रधानमंत्री भारत की अर्थव्यवस्था तय नियमों से चले तय लक्ष्यों की तरफ बढ़े इसके लिए हमने व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए हैं चौतरफा फैसले लिए हैं उद्योग जगत की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करने पर ध्यान दिया है अब इसलिए आज पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए एक मजबूत आधार बना है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले अर्थव्यवस्था विनाश की ओर जा रही थी लेकिन उनकी सरकार इसमें अनुशासन और सकारात्मकता लेकर आई है उन्होंने कहा कि देश में अब ऐसी सरकार है जो किसानों श्रमिकों और कॉरपोरेट जगत की सुनती है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के उपायों की वजह से तेरह बैंक फिर लाभ कमाने लगे हैं

बैंक अब अपना देशव्यापी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और अपनी ग्लोबल पहुंच कायम करने की ओर अग्रसर हैं हमारी सरकार ने बैंकों के कारोबारी फैसलों में किसी तरह की दखलअंदाजी को समाप्त कर दिया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सस्ती टिकाऊ गुणवत्ता पूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल सडकों के निर्माण के लिए अभियंताओं से स्वतः ही अच्छी परंपराओं और नीतियों को अपनाने की अपील की है श्री गडकरी आज रिकार्ड किये गये संदेश के जरिये पटना में चल रहे भारतीय सडक कांग्रेस के अस्सीवें अधिवेशन के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सडक निर्माण से जुडे अभियंताओं को कम लागत वाली निर्माण सामग्री और अच्छी डिजाइनों का सडक निर्माण में प्रयोग करना चाहिए दक्षिण भारत में नारियल के रेशे और उत्तर पूर्व पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में सडक बनाने में जूट के उपयोग का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सडक के क्षेत्र में ये कम लागत के तरीके हैं जिनके अच्छे परिणाम आये हैं उन्होंने कहा कि सडक बनाने में प्लास्टिक के उपयोग के लिए उनके मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है अलकतरा के स्थान पर आठ प्रतिशत प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है इसलिए इंजीनियरों को बिना झिझक इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अगले तीन वर्ष में आठ करोड पौधे लगाये जायेंगे इसमें ज्यादातर पौधे सडकों के किनारे लगेंगे श्री कुमार ने कहा कि तीन वर्ष की कार्ययोजना के तहत पर्यावरण संरक्षण और राज्य का हरित आवरण बढाने के लिए इस मिशन के तहत काम शुरु किया गया है

इसके लिए तीन साल की कार्ययोजना बना करके और कुछ काम जैसे गांव का पोखर तालाब कुछ चीजें मनरेगा से भी हो जाती हैं और उस समय हमलोगों ने स्कीम बनायी दो हजार बारह में हरियाली मिशन के अंतर्गत और उन्नीस करोड़ पौधे लगाये गये अब लगभग हरित आवरण नौ प्रतिशत से बढ़कर पन्द्रह प्रतिशत हुआ और इस अभियान के अंतर्गत हमलोग जो काम करने वाले हैं इसमें आठ करोड़ पेड़ लगाने का है ये सब काम हमलोग कर रहे हैं लेकिन हमलोग ये बात तय कर लिया है वह सड़क के किनारे समारोह को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी संबोधित किया चार दिनों तक चलने वाले भारतीय सडक कांग्रेस में देश विदेश से ढाई हजार से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में भ्रम फैलाना चाहते हैं आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की हिंसा से बचने की भी अपील की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि विपक्ष राजनीतिक स्वार्थ के लिए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए

सब विरोधी दल इसको अल्पसंख्यक विरोधी बताकर देश की जनता को गुमराह कर रही है मैं जनता से अपील करता हू कि कृपया कर वह कानून जरूर पढ़े मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीर से आ रही सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि बादल के नीचे आ जाने के कारण अगले दो से तीन दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटों से भागलपुर पूर्णिया सारण औरंगाबाद सुपौल पूर्वी चंपारण और नालंदा जिले में सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है मौसम विभाग के अनुसार पांच दशमलव चार डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ आज गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा वहीं सबौर का न्यूनतम तापमान छह डेहरी का सात भागलपूर का सात दशमलव दो पटना का आठ दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि तापमान में गिरावट और कोहरे के घनत्व में तेजी अगले तीन चार दिनों तक बनी रहेगी साथ ही आगामी दो दिनों में कुछ इलाकों में हल्की ब्रंदाबांदी भी हो सकती है इधर शीतलहर के कारण आम जनजीवन ब्रूरी तरह प्रभावित है कोहरे का असर रेल और हवाई परिचालन पर भी देखा जा रहा है ठंड को देखते हुए आठ जिलों में स्कूलों को अलग अलग तिथियों तक के लिए बंद कर दिया गया है राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि समेकित कृषि के विकास के जरिये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकती है राज्यपाल ने राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित नाबार्ड हाट दो हजार उन्नीस के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में प्रथम द्वितीय और तृतीय कृषि रोड मैप के जरिये कृषि विकास के जो प्रयास हुए हैं उनका सकारात्मक प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है उन्होंने कहा कि नाबार्ड जैसी संस्थाऐं राज्य को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता मुहैया करवा रही है उनतीस दिसम्बर तक चलने वाले इस हाट में देश के कई राज्यों से आये कारीगरों के एक सौ चालीस स्टॉल लगाये गये हैं बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में अपराधियों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से ग्यारह लाख रुपये लूट लिये पुलिस के अनुसार तीन की संख्या में आये हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अजाम दिया पुलिस मामले की जांच कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम की साठवीं कड़ी है इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने संदेश एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य या नमो एप ओपन फोरम और माई गव पर भेज सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल या एसएमएस से प्राप्त लिंक पर अपने सुझाव दे सकते हैं यह सुझाव इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक दिये जा सकते हैं कटिहार के हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय में चलंत लोक अदालत लगाकर दो हजार से अधिक दिव्यांगों की समस्याओं का निष्पादन किया गया राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने बताया कि इस अदालत में पांच हजार से अधिक दिव्यांगों ने निबंधन करवाया था शिवहर पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान के तहत अंतर जिला अपराधी गिरोह के छह अपराधियों को गिरफ्तार किया है एसपी संतोष कुमार ने बताया कि अपराधियों के पास से तीन पिस्तौल छह गोलियां और चोरी की मोटरसाइकिल तथा मोबाइल बरामद किये गये हैं मूजफ्फरपूर जिले के गायघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सत्तावन के पास अपराधियों ने एक महिला से दस हजार रुपये लूट लिये अररिया जिले के कुर्साकांटा और नगर थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में तेरह लीटर देशी शराब के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले में महुआ थाना क्षेत्र के सिंहराय और जहांगीरपुर सलखन्नी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर दो सौ नौ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है

सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में